वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंको का चार बैंकों में एकीकरण कर दिया गया है पंचाब नेशनल बैंक ओरिएंटल बैंक और यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के एकीकरण की घोषणा की गई है एकीकरण के बाद यह अठारह लाख करोड़ रुपये के कारोबार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का द्रसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को भी मिलाने की घोषणा की गई है यूनियन बैंक आन्ध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंकों का भी एकीकरण किया जाएगा इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक भी मिला दिए जाएंगे वित्तमंत्री ने कहा कि इस एकीकरण के बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सत्ताईस बैंको की जगह केवल बारह बैंक होंगे उन्होंने बताया कि सरकार देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आवश्यक उपाय कर रही है इन सुधारों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के काम काज में मौलिक सुधार होगा वित्त मंत्री ने कहा कि बैंको से धोखाधड़ी पर अंकुश के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली को विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार व्यवस्था स्विफ्ट संदेश प्रणाली से जोड़ा गया है

उन्होंने क्षेत्र के स्कूलों स्वास्थ्य केंद्र और असम राईफल कंपनी की पोस्ट का भी दौरा किया राज्यपाल ने स्थानीय लोगों अधिकारियों सुरक्षाबलो पूर्व सैनिकों सेना के विधवाओं आशा कार्यकर्ताओं और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र के कल्याण और मियाओ से विजय नगर तक सड़क निर्माण का आश्वासन दिया असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का प्रकाशन आज सुबह दस बजे कर दिया गया राज्य सरकार ने उन लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के आवश्यक प्रबंध किए है जिनके नाम रजिस्टर में नहीं हैं ऐसे लोग विदेशियों से संबंधित अधिकरण के समक्ष अपना दावा रख सकते हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की

उन्हें शामिल किए गए या निकाले गए लोगों की स्थिति की पूरक सूची शीर्षक के तहत लिंक की तलाश करनी होगी सितंबर दो हजार उन्नीस का पूरा महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रुप में मनाया जाएगा कल से शुरु होने वाले इस अभियान में कई मंत्रालय शामिल हो रहे हैं और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण पोषण के विचार को मूर्त रुप प्रदान करेगा जिसका लक्ष्य दो हजार बाईस तक कुपोषण को समाप्त करना है इस कार्यक्रम का उद्देश्य छह वर्ष तक की आयु के बच्चों किशोर लड़कियों गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण के स्तर में सुधार लाना है इधर राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने राष्ट्रीय पोषण माह आयोजन के चलते एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग और स्टेक होल्डर से कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया उन्होंने लोगों को इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित करने हेतु रेडियो जिंगल और मल्टि मीडिया अभियान के उपयोग की सलाह दी

इस अवसर पर उन्होंने तीन डिलिवरी वेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस कार्यक्रम में खाद्य आयोग के सदस्य नानोंग जामोह और ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त किन्नी सिंह भी उपस्थित थी वेस्ट सियांग जिले के एस बी आई आलो शाखा के उपप्रबंधक को ग्राहकों के अकाउंट से फर्जी से पैसे निकालने के मामले में गिरफ्तार किया है पिछले एक महीने से फरार उपप्रबंधक की पुलिस तलाश कर रही थी पुलिस सुत्रों ने कहा जुलाई महीने की तीस तारीख को एक महिला ने आलो पुलिस स्टेशन में बिना उनकी जानकारी के अकाउंट से पैसा निकाले जाने पर एक मामला दर्ज कराया गया था